हरियाणा में म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा के विशेष सत्र के बाद किया जायेगा विधानसभा का विशेष सत्र अगले सप्ताह चार नवम्बर को ब्लाया जा सकता है म्ख्यमंत्री आज नई दिल्ली में म्ख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ पत्र लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे

मुख्यमंत्री ने मीडिया को यह भी बताया कि आज नई दिल्ली मे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया गया है कि पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार द्वारा सबसिडी दी जायेगी और अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेंट जिलो में ही करवाई जायेगी इस मौके पर उनके साथ मौजूद उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों राजनीति दल प्रदेशके कन्याण के लिए मिलकर काम करेंगे और मिलकर फैसले लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोर्डन के शाह अब्दूल्ला द्वितीय से मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत और जोर्डन के बीच विभिन्न क्षेत्रों खास तौर पर व्यापार और निवेश मानव संसाधन विकास तथा लोगों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने के उपायों पर विचार विमर्श किया

उपराष्ट्रपति ने कार्यालय द्वारा किये गये एक टिवीट में यह जानकारी दी गई है आज म्ख्यमंत्री ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात की मिली जानकारी के अन्सार मुख्मयंत्री ने इस मुलाकात पर ख्शी जाहिर करते हये दोनों नेताओं के कई साल के सम्बधों को याद किया मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते उपराष्ट्रपति से मिलना उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने बताया कि उनके उपराष्ट्रपति के साथ वर्षो से मध्र सम्बध रहे है और मुलाकात के दौरान हरियाणा से जुड़े कई मुददो पर विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य व स्रक्षा जैसे क्छ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी बीजेपी और उनके गठबंधन सहयोगी जेजेपी दवारा चुनाव घोषणा पत्र किये वादो को पूरा करने के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके एक कमेटी गठित की जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी नेता रहेंगे और गठबंधन के लिये संयुक्त न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करेंगे सूक्षम लघ् और माध्यम उदयम मंत्रालय और विश्व बैंक की सहायत से प्रमुख प्रौदयोगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम टी सी एस पी के तहत रोहतक में स्थापित इस केन्द्र में यूवओं के लिए रोज़गार परक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो चुहे है यह जानकारी देते हये पंचकूला के उपायुक्त क्मार आहजा ने बताया कि रोहतक में सौ करोड़ करोड़ से मुकेश अधिक की लागत से प्रदेश का पहला एमएसएमई प्रौदयोगिकी केन्द्र स्थापित किया है यहां तीन महीने से एक वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम श्रू किये गये है इस केन्द्र का उद्देश्य युवकों को उद्यमी बनयाया है इस केन्द्र में बीस से अधिक पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि किसानों को बासमती जैसे मुच्छल तथा एक हजार एक सौ इक्कीस किस्म की जीरी के भी कम भाव मिल रहे है और कपास के भाव में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है

उन्होंने सरकार से किसानी की उपज उचित दाम पर खरीदने की मांग की

नई दिल्ली में आज सम्मान समारोह को समबोधित करते हये श्री कोविंद ने कहा कि निगमित संस्कृति में सामाजिक कल्याण की भावना को शामिल किया जना बहत महत्वपूर्ण है और कंपनियों ने यह साबित किया है कि सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को निभाते हये भी म्नाफा कमाया जा सकता है राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े टाटा बिरला और बजाज जैसे व्यापारिक घराने अपने सामाजिक दायित्वों को ले कर संवदेनशील हआ करते थे

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उनके निय्क्ति पत्र पर दस्तखत किये जाने के बाद विधि एवं न्याय मंत्री न्यायमूर्ति बोब्डे का अगला प्रधान न्यायाधीश निय्क्ति करने की अधिसूचना जारी कर दी है

हरियाणा की मंडियो में अब तक सतावन लाख चौवालिस हजार मीट्रिक टन धान की आवक हो च्की है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने अनुसार सरकारी खरीद एजेंसियों ने कुल आवक में से पचपन लाख उन्नीस हजार टन से अधिक की खरीद की है जबकि शेष सवा लाख टन धान निजी मिल मालिको ने खरीदा है क्ल खरीद में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तीस लाख साठ हजार टन हैफेड ने सोलह लाख पचानवे हजार टन हरियाणा भंडारण निगम ने सात लाख बासठ हजार टन तथा एफसीआई ने ाई लाख टन धान खरीदा है

पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अन्पालना में ध्वनि प्रद्षण को रोकने के लिए हरियाणा प्लिस द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर संचालित लाउडस्पीकर व जन संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने उच्च न्यायालय के इस फैसले बारे जानकारी देते हये न्यायालय अथोरिटी से पूर्व अन्मति के बिना धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति दवारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और सभी प्लिस आय्क्तों और जिला प्लिस अधीक्षकों को शोर का स्तर निर्धारित सीमा के तहत लाने के लिए निर्देश दिये है

यमुनानगर के जिला मैजिस्ट्रेट मुकुल कुमार ने बताया है कि जिले की सीमा में धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है

अम्बाला कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने किसानों से उधर धान के अवशेषों को ना जलाने की अपील की है

यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुभ मुहर्त के दौरान बहनों ने भाईयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृदवि व लंबी आय् का कामना की